इंदौर सबसे ज्यादा प्रभावित

वहीं खरगोन निवासी एक व्यक्ति की तीन दिन पूर्व हयी मौत के बाद उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पायी गयी हथ मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन का और कड़ाई से पालन कराया जा रहा है

उधर बैतुल सांसद डीडी उइके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी कोयला मंत्री अर्जन राम मेघवाल और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी ने चर्चा की नरसिंहपर पहंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जिले के अधिकारियों के साथ बछक ली इस दौरान उन्होंने कहा कि लॉक डाउन को सफल बनाएं तभी हम कोरोना से जीत पाएंगे शहडोल जिले में भी लाकडाउन का कड़ाई से पालन किया जा रहा जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं

धार में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के बैंक कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिया है

म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीटर पर इनकी तारीफ करते हुए लिखा हप्र मां तुझे सलाम

कि जिले में महिला स्वसहायता समूहों दवारा मास्क बनाए जा रहे हैं

उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर ध्यान दिया है कि शहरों में काम करने वाले कामगारों के बड़ी संख्या में पलायन का कारण इस फेक न्यूज के कारण फ़्ली दहशत थी कि लॉकडाउन तीन महीने से ज्यादा अवधि तक चलने वाला हा न्यायालय ने अपने आदेश में कहा हथकि वह महामारी के बारे में निष्पक्ष चर्चा पर दखल नहीं देना चाहता लेकिन साथ ही न्यायालय ने मीडिया को घटनाक्रमों के बारे में आधिकारिक विवरण का संदर्भ लेने और प्रकाशन करने का निर्देश दिया हण रेड़ियो स्कल कोरोना संक्रमण को देखते हए प्रदेश में भले ही स्कूल बंद हों लेकिन बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए आज से रेडियो स्कूल श्रू हो गया हा

पहले दिन आज म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विद्यार्थियों को महाभारत का मछली की आंख वाला प्रसंग स्नाया और उन्हे एकाग्र चित्त होकर पढ़ाई के लिए प्रेरित किया गौरतलब ह कि राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा विशेष शक्षिक रेडियो कार्यक्रम रेडियो स्कूल प्रारंभ किया गया है इसका उददेश्य लॉक डाउन अवधि में भी प्रदेश के विद्यार्थियों को घर पर रहकर नियमित अध्ययन कराना है

देश के जिस शहर में जिस दिन लॉक डाउन समाप्त होगा उस शहर में उसी दिन से दस दिन तक यह प्रक्रिया चलेगी

भले ही वे घर से काम कर रहे हों या कार्यालय से काम कर रहे हों

उन्होंने कहा कि इससे मौजूदा संकट से निपटने में योग्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएँ मिल सकेंगी श्री चौहान ने बताया कि तृतीय एवं चत्र्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों को उनके जिला प्रम्ख और सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों को उपक्रम के संचालक द्वारा अधिकृत अधिकारी संविदा निय्क्ति दे सकेंगे

मुख्यमंत्री ने बताया कि दवितीय श्रेणी के अधिकारियों को संभागीय आयक्त तीन माह की संविदा निय्क्ति प्रदान कर सकेंगे उन्हें भी निय्क्ति दिये जाने के पूर्व जिला कलेक्टर से प्रमाणीकरण कराना होगा

सउदी हज सउदी अरब के हज मंत्री ने सभी श्रद्धाल्ओं से कहा हा कि वार्षिक हज यात्रा की तघ्रारियां फिलहाल स्थगित कर दें

सउदी अरब के हज मंत्री मोहम्मद बेंतेन ने सरकारी टेलीविजन अल अखबारिया को कल बताया कि सउदी अरब हज यात्रियों और उमरा के इच्छ्क लोगों की सेवा के लिए पूरी तरह तद्वार हण उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में सउदी अरब म्स्लिमों और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा चाहता हथ उन्होंने श्रद्धाल्ओं से कहा कि वे स्थिति साफ होने तक प्रतीक्षा करें सउदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया ह कि देश में डेढ़ हजार से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से ग्रसित हैं और अब तक दस लोगों की मृत्यु हो च्की हण पार्सल ट्रेन रेलवे दवारा रोजमर्रा की वस्त्ओं की आपूर्ति के लिए प्रदेश में पार्सल ट्रेन चलाने का फ़्सला किया हण इससे लोगों को खान पान एवं अन्य आवश्यक फ्टकर वस्त्ओं की आपूर्ति स्निश्चित हो सकेगी

वहीं भोपाल से खंडवा के बीच इटारसी से बीना के बीच भी पार्सल ट्रेन चलाई जाएगी जो कि जबलप्र और कटनी होते हुए ग्जरेगी

उन्होंने बताया कि दो तीन दिनों में इस काम के पूरा हो जाने की संभावना हा संक्षिप्त समाचार खंडवा कलेक्टर ने लॉकडाउन के दौरान मजदूरी न काटने और मकान खाली ना कराने के निर्देष दिए हैं पन्ना में हीरों की नीलामी आगामी आदेश तक निरस्त कर दी गई हा सीधी जेल में बंद क़द्दी अब फोन पर परिजनों से बात कर सकेंगें उमरिया जिले में महाअष्टमी पर मंदिरों पर ताले लगे रहे श्रद्धाल्ओं ने घर पर अन्ष्ठान और पूजा कर महाअष्टमी मनाई अशोकनगर में हर वर्ष रामनवमी पर निकाला जाने वाला चल समारोह लॉकडाउन की वजह से नहीं निकाला जाएगा